वहीं भाजपा ने मध्यप्रदेष से राज्यसभा का दुसरा टिकट बडवानी के शासकीय भीमा नायक कॉलेज के प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को दी है सुमेर सिंह कॉलेज प्रबंधन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन देकर भोपाल के लिए रवाना हो गए संभवतः वे कल भाजपा के एक अन्य प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे वहीं बहमत के दावों के बीच राज्य की कांग्रेस सरकार पर संकट बढ़ रहा है

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों को हटाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा था

सिंधिया भोपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की इसके बाद वे भोपाल के लिए रवाना हुए गौरतलब है कि श्री सिंधिया आज दो दिन के दौरे पर भोपाल आ रहे हैं वह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहंचेंगे जहां आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी की सदस्यता देकर उन्हें औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल किया था कोरोना सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों में प्रभावित लोगों को घर में ही अलग थलग रखने के दिशा निर्देश जारी किये हैं निर्देष में कहा गया है कि यात्रा करने वालों में नोवेल कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण पाये जाने पर उन्हें जल्दी से अलग थलग रखकर निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाना चाहिए

संभव हो तो कमरे में ही शौचालय की सुविधा भी हो यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों के बीच कम से कम एक मीटर का फासला रखा जाये बुजुर्गों गर्भवती महिला बच्चों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को संक्रमित व्यक्ति से बचाकर रखा जाये डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विवेक जौहरी ने आज मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया

श्री जौहरी ने प्रभारी पुलिस महानिदेशक राजेंद्र कुमार से कार्यभार लिया उद्यम सखी सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में सदस्यों से आग्रह किया कि वे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देने वाले उद्यम सखी पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करें उन्होंने कहा कि इसके जरिए महिला स्टार्टअप उद्यमियों निवेशकों इन्क्यूबेटरों विद्यार्थियों और उदयमों के मददगार लोगों का नेटवर्क तैयार करने में भी मदद दी जानी चाहिए प्लास्टिकमक्त आगरमालवा में स्थित श्रीबैजनाथ महादेव मंदिर परिसर को प्लास्टिकमुक्त रखने का अभियान चलाया जा रहा है मंदिर व्यवस्था के प्रभारी राजेश सरवटे ने बताया कि परिसर में स्थित सभी धर्मशालाओं में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्लास्टिक की सामग्री के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

उनकी बारात तपोभूमि से शुरू हुई

कभी कभी दिखाने और दवाब बनाने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं